राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही है वृद्धि

और बाढ़ के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक महामारी कोविड उन्नीस के खिलाफ संघर्ष में देशवासियों के सहयोग की सराहना की है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुये श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर कोविड उन्नीस का मुकाबला किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में इस महामारी से कम लोगों की जान गई है उन्होंने कहा कि हालांकि एक व्यक्ति की मौत भी दुखद है फिर भी भारत ने सभी प्रयास कर लाखो लोगों की जान बचाई है

प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर देशवासियों को आगाह किया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए अधिक सतर्क रहने की जरूरत है श्री मोदी ने लोगों को मास्क लगाने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की

लगाना या गमछे का उपयोग करना दो गज की दूरी लगातार हाथ धोना कहीं पर भी थूकना नहीं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं द्य कभी कभी हमें उा से तकलीफ होती है और मन करता है कि चेहरे पर से उा हटा दें द्य बातचीत करना शुरू करते हैं द्य जब उो की जरूरत होती है ज्यादा उसी समय उॅा हटा देते हैं द्य ऐसे समय मैं आप से आग्रह करूँगा जब भी आपको उो के कारण परेशानी मिमस होती हो मन करता हो उतार देना है तो पल भर के लिए उन क्वबजवते का स्मरण कीजिये उन नर्सो का स्मरण कीजिये हमारे उन कोरोना वारियर्स का स्मरण कीजिये आप देखिये वो जों पहनकर के घंटो तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है दो हजार छह सौ पांच नये मामले के साथ संक्रमितों की संख्या अड़तीस हजार नौ सौ उन्नीस हो गयी है राज्य में एक महीने में चार गुना से अधिक संक्रमित बढ़े हैं नये मामलों में सबसे अधिक छह सौ बीस पटना जिले से पाये गये हैं वहीं मुजफ्फरपुर में एक सौ तेईस गया में एक सौ बारह नालंदा में एक सौ पांच भोजपुर और सारण में एक सौ दो एक सौ दो जबकि रोहतास में चौरानवे जमूई में तिरानवे वैशाली में चौहत्तर भागलपुर में इकहत्तर बेगूसराय में चौंसठ तथा नवादा समस्तीपुर और सुपौल में साठ साठ मामले सामने आये हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान सत्रह सौ अठासी लोग स्वस्थ हुये है इसके साथ ही संक्रमण से मुक्त होने वालों की कुल संख्या बढ़कर छब्बीस हजार तीन सौ आठ हो गयी है राज्य में स्वस्थ होने की दर लगभग अड़सठ प्रतिशत पर पहुंच गयी है पिछले चौबीस घंटों में संक्रमण से सत्रह लोगों की मौत हुई है मृतकों का आंकड़ा बढ़कर दो सौ उनचास हो गया है पीएमसीएच के सात चिकित्सकों समेत पैंतालीस कर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम दोबारा कोरोना संक्रमित पाये गये हैं अभी वे होम क्वारेंटीन में हैं दानापुर सैन्य छावनी में सेना के नौ जवान भी पॉजिटिव पाये गये हैं वहीं मसौढ़ी उपकारा के चार पुलिस कर्मियों समेत छह लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है भारतीय स्टेट बैंक के पटना स्थित स्थानीय प्रधान कार्यालय के मुख्य प्रबंधक रूपेश श्रीवास्तव की कोरोना संक्रमण से मौत हो गयी द्रसरी तरफ जहानाबाद नगर थाना में पदस्थापित दारोगा गजेन्द्र कुमार की भी कोरोना से मौत हो गयी है वे गया स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थे संक्रमण के कारण राज्य में अब तक तीन पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है वहीं पटना के एक निजी अस्पताल में इलाजरत भोजपुर निवासी दारोगा नरेन्द्र चौबे का निधन हो गया वे झारखंड पुलिस में पदस्थपित थे बेतिया स्थित जीएमसीएच अस्पताल के आईसोलेशन केन्द्र में भर्ती एक कोविड संक्रमित गर्भवती महिला ने ऑपरेशन के बाद स्वस्थ बच्चे का जन्म दिया है मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर विनोद प्रसाद ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पटना और मुजफ्फरपुर में सेना कोविड अस्पताल बनायेगी रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने इन शहरों में पांच सौ पांच सौ बेड क्षमता वाले अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने का फैसला किया है ये अस्पताल वेंटीलेटर समेत सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे इसके लिए डीआरडीओ की उच्च स्तरीय टीम ने जमीन चिन्हित करने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है पटना में वेटनरी कॉलेज और बिहटा का डीआरडीओ की टीम ने निरीक्षण किया वहीं मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि डीआरडीओ की टीम ने स्थल निरीक्षण के लिए विभिन्न जगहों का दौरा किया है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पटना एम्स सहित पांच प्रमुख अस्पतालों को कोविड कचरे के निस्तारण में लापरवाही बरतने के आरोप में नोटिस जारी किया है बोर्ड की एक टीम ने पिछले दिनों इन अस्पतालों का दौरा किया था प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है बाढ़ से आम जन जीवन अस्त व्यस्त है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार ग्यारह जिलों के छियासी प्रखंडों की छह सौ पच्चीस पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं लगभग पन्द्रह लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है इन क्षेत्रों में भारतीय वायु सेना के तीन हेलीकॉप्टर के मदद से प्रभावित लोगों के बीच सूखा राशन गिराया जा रहा है आज भी इन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री गिराई जायेगी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पच्चीस टीमों की मदद से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है बाढ़ प्रभावित जिलों में छब्बीस राहत शिविर संचालित किये जा रहे हैं जहां चौदह हजार से अधिक लोग रह रहे हैं वहीं चार सौ तिरसठ सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन किया जा रहा है जहां एक लाख सतहत्तर हजार से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है बाढ़ के कारण प्रदेश की छोटी बड़ी पांच सौ पांच सड़कों पर आवागमन बाधित हो गया है सबसे अधिक प्रभावित जिले गोपालंगज और पूर्वी चम्पारण हैं गोपालगंज जिले में छह सौ पचास किलोमीटर पूर्वी चम्पारण में चार सौ किलोमीटर किशनगंज में दो सौ पचास अररिया में दो सौ दरभंगा में एक सौ पच्चीस कटिहार और सुपौल में एक एक सौ किलोमीटर पूर्णियां में अस्सी तथा मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में पचास पचास किलोमीटर सड़कें बाधित हैं राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एक सौ चार पर शिवहर और सीतामढ़ी के बीच तेरह जगहों पर पानी का बहाव हो रहा है वहीं एसएच चौहत्तर पर अरेराज से बेतिया आसोपुर से गोपालगंज मोतिहारी से ढ़ाका और मोतिहारी से छौड़ादानो सड़क पर भी आवागमन बाधित हुआ है पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि पानी उतरते ही सड़कों को आवागमन लायक बना लिया जायेगा इस बीच गंडक नदी में उफान के कारण गोपालगंज के सारण तटबंध पर चार स्थानों पर रिसाव हो रहा है जल संसाधन विभाग की टीम सुरक्षात्मक कार्य में जुटी हुई है वहीं मुजफ्फरपुर के औराई पारू अहियापुर साहेबगंज गायघाट और कटरा प्रखंडों में भी बाढ़ की स्थिति बरकरार है जिले के मीनापुर में बीस से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है

दूसरी तरफ दरभंगा के केवटी में ड्मरी गूठरी बांध लगभग दस फीट में क्षतिग्रस्त हो गया है इससे दिघियार लालगंज और पैगम्बरपुर पंचायत के कई गावों में पानी फैल रहा है सीतामढ़ी जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी फैलने लगा है सीतापूर भवदेवपूर प्रतापनगर और रघुनाथपूर मोहल्ले से लोगों का पलायन शुरू हो गया है सारण जिले के पांच प्रखंडों की अट्ठाईस पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं पानापुर प्रखंड के पच्चीस गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है पश्चिम चम्पारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मंझौलिया में गोपीखांड नदी का तटबंध दूसरी बार टूट गया है नदी का पानी ढ़ाई सौ से अधिक घरों में प्रवेश कर चुका है सड़कों पर पानी से आवागमन बाधित हो गया है इधर कोसी का जलस्तर स्थिर बने रहने से खगड़िया सहरसा सुपौल और मधेपुरा जिले के नये इलाकों में पानी का फैलना रूक गया है सीमांचल के अररिया और किशनगंज में नदियों के जलस्तर में कमी आने से लोगों को राहत मिली है जबकि कटिहार में रिथति अब भी सामान्य नहीं हुई है बाढ़ और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में अड़तीस लोगों की मौत हो गयी मृतकों में छह बच्चे भी शामिल हैं मुजफ्फरपुर और पूर्वी चम्पारण में आठ आठ दरभंगा में छह समस्तीपुर में चार गोपालगंज और मधुबनी में तीन तीन सीतामड़ी और सहरसा में दो दो सीवान और पूर्णियां में एक एक लोगों की मौत की खबर है बाढ़ से जुड़ी दुर्घटनाओं में अब तक इक्यानवे लोगों की मौत हुई है राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को विशेष परिस्थिति में नई नाव खरीदने और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की निगरानी के लिए ड्रोन की मदद लेने की अनुमति दे दी है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह जानकारी दी नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और उत्तर बिहार में भारी बारिश में कमी आने से प्रदेश की नदियों का जलस्तर घटा है हालांकि कोसी बागमती बूढ़ी गंडक घाघरा महानंदा खिरोई और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक नदी रेवा घाट में लाल निशान से साठ सेंटीमीटर और ड्मरिया घाट में दो मीटर ऊपर है बागमती नदी सीतामढ़ी में सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है पिछले चौबीस घंटों में नदी का जलस्तर गांधी घाट पर सात सेंटीमीटर बढ़ा है हालांकि यह खतरे के निशान से छप्पन सेंटीमीटर नीचे बह रही है पुनपुन नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी बिहार के सत्रह जिलों में आज से दो दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इनमें किशनगंज अररिया कटिहार पूर्णियां सुपौल सहरसा मधेपुरा मधुबनी सीतामढ़ी दरभंगा पूर्वी चम्पारण पश्चिम चम्पारण शिवहर गोपालगंज मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया जिले शामिल हैं मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार इन क्षेत्रों में बारिश के दौरान वज्रपात की भी आशंका है मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को रिथित पर नजर बनाये रखने के निर्देश दिये हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर दीपक प्रसाद को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात से जुड़ी खबर को प्रकाशित करते हुये हिन्दुस्तान लिखता है मोदी ने बिहार में मोती की खेती को सराहा दैनिक जागरण ने कोरोना वैक्सीन परीक्षण पर लिखा है एम्स में वैक्सीन ट्रायल का पहला चरण सफल उनतीस से दूसरी डोज प्रभात खबर की सुर्खी है सेवादार पॉजिटिव लालू प्रसाद निगेटिव फिर होगी जांच दैनिक भास्कर अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखता है लॉकडाउन में मोबाईल कम्प्यूटर एडिक्शन के मरीज चार गुना तक बढ़े आठवीं से छोटी क्लास के बच्चों में भी आ रही समस्या

राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही है वृद्धि

और बाढ़ के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त